राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरगुजा और सूरजपुर जिले में तीस नवंबर तक खिलाई जाएगी दवा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज अंबिकापुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की

इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल हैं घटनास्थल से वर्दीधारी माओवादियों के शव के अलावा हथियार बरामद किए गए हैं इनके पास मिले हथियारों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मारे गए तीनों माओवादी बड़े कैडर से है हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो सकी है इस मुठभेड़ में एसएसबी का एक जवान भी घायल हुआ है पुलिस के अनुसार रेलवे निर्माण कार्यों की सुरक्षा में लगी एसएसबी की एक कंपनी के जवान आज सुबह कोसरोंडा और तुमापाल को इलाके में नियमित गश्त पर निकले हुए थे इस बीच सुरक्षा बलों को देखकर माओवादियों ने रिमोट कंट्रोल से एक विस्फोट किया इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की घटनास्थल की तलाशी के दौरान तीन माओवादियों के शव के अलावा एक एसएलआर एक इंसास तथा एक बारह बोर की रायफल बरामद की गई है मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है बताया जाता है कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे एसएसबी के जवानों की माओवादियों के साथ यह पहली मुठभेड़ थी

इनमें डीवीसी सुरक्षा दलम के प्लाटून सेक्शन का डिप्टी कमांडर सोमडू वेट्टी भी शामिल है इस पर पुलिस ने तीन लाख रूपये का इनाम घोषित किया था यह माओवादी संगठन के बड़े नेताओं की सुरक्षा में तैनात था जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार सिंह के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पित सभी माओवादी सड़क काटने विस्फोटक लगाने और माओवादियों की बैठक बुलाने जैसे गतिविधियों में सक्रिय थे पुलिस के अनुसार इन माओवादियों ने लोन वर्रादू अभियान से प्रभावित होकर समर्पण किया है अभियान के तहत जिले में अब तक दो सौ से अधिक माओवादी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं इनमें करीब पचास माओवादियों पर इनाम भी घोषित था वहीं सुकमा जिले में माओवादियों ने नये बने अस्पताल भवन और स्कूल भवन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है यह घटना केरलापाल के बड़ेसट्टी गांव में हुई है इसके अलावा माओवादियों ने बड़ेसट्टी पहुंच मार्ग पर कई पेड़ो को काटकर गिरा दिया है जिससे आवागमन बाधित होने का समाचार मिला है हाईकोर्ट याचिका खारिज बिलासपुर उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए दो माओवादियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार कवासी कोसा और हिड़मा की जमानत याचिका खारिज कर दी इससे पहले आरोपियों द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में लगाई गई जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी गौरतलब है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को हुई झीरम हमले की घटना के तीन दिनों बाद भारी मात्रा में हथियारों के साथ इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया था सीआरपीएफ क्रिकेट टर्नामेंट सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित चिंतलनार तथा जगरगुंडा इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने एक नई पहल की है इसके तहत सीआरपीएफ की दो सौ तेईसवीं बटालियन द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों और ग्रामीणों के लिए क्रिकेट ट्र्नामेंट का आयोजन किया गया सीआरपीएफ की ओर से स्थानीय युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए यूनिफॉर्म के साथ ही अन्य खेल सामग्रियां भी मुफ्त में दी गईं सहत्र से बीस नवंबर के बीच चले इस ट्र्नामेंट में माओवाद प्रभावित आठ गांवों के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया खास बात यह है कि ये सभी टीमें चिंतलनार थाना क्षेत्र के पहुंचविहीन क्षेत्रों से पहुंची थी फाइनल मुकाबले के रोमांचक मैच में चिंतलनार के कोत्तागुड़ा की टीम ने तारलागुड़ा को हराकर खिताब अपने नाम किया समापन मौके पर विजेता और उपविजेता टीमों तथा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया कोरोना समाचार जागरूकता संभावित कोरोना वैक्सीन के वितरण के संबंध में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दूरभाष पर चर्चा के दौरान दी केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन को लेकर चर्चा की इस बातचीत के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति मरीजों के उपचार की व्यवस्था और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा इधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों का कोरोना स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नर और कलेक्टरों को रायपुर और जगदलपुर स्थित विमानतल पर यात्रियों के लिए पूर्व में जारी कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने को कहा है

इसके साथ ही रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा इस अवधि में आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्यगत् परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा केन्द्र स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल एक दिसंबर के बाद कोविड नाइंटीन स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है

आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए दलों का गठन किया जाएगा साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए श्री भगत ने बताया कि कोन्द्र सरकार ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को करीब सतहत्तर हजार गठान नये बारदाने दिए हैं उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए लगभग पौने पांच लाख गठान बारदानों की जरूरत होगी श्री भगत ने बताया कि सत्तर हजार गठान प्लास्टिक के नये बारदानों की खरीदी के लिए कार्यादेश जारी किया गया है साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक लाख गठान बारदानों का इस्तेमाल धान खरीदी के लिए होगा बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और सहकारिता विभाग के सचिव आर प्रसन्ना के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे फाइलेरिया उन्मुलन अभियान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रदेश में सामूहिक दवा सेवन अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया श्री सिंहदेव ने फाइलेरिया रोधी दवा का स्वयं सेवन कर इस अभियान की शुरूआत की अभियान के तहत तेईस से तीस नवंबर तक सरगुजा और सूरजपुर जिलों के सभी विकासखंडों में दो वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दवा खिलाई जाएगी महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज अंबिकापुर में सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिलों की महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जनसुनवाई की इस मौके पर डॉक्टर नायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना शारीरिक शोषण घरेलू हिंसा या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपनी शिकायत आयोग को कर सकती हैं इसके लिए वे रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में सादा कागज में लिखे आवेदन को भेज सकती हैं या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोरिया जिला कार्यसमिति की एक बैठक आज बैकुंठपुर में हुई इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय संगठन के महामंत्री पवन साय और प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी दीपक पटेल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे इस बैठक में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई वहीं राजनांदगांव जिला भाजपा इकाई की भी आज भाजपा कार्यालय में बैठक हुई इसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के आव्हान पर एक से बीस दिसंबर के बीच अलग अलग तिथियों में दो दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हुई कॉलेज आंदोलन परिणाम कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित विवेकानंद कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया विद्यार्थियों ने कॉलेज के मुख्य द्वार में ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की विद्यार्थियों का आरोप है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के लिए छात्रहित में जारी निर्देशों का पालन विवेकानंद कॉलेज प्रबंधन ने नहीं किया जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है सरगुजा विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष गुलाब कमरो ने महाविद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ चर्चा की तब जाकर विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन खत्म किया वहीं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए जा सके हैं इसकी वजह से विशेष परीक्षा की समय सारिणी भी जारी नहीं हुई है इससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी काफी परेशान हैं और परिणामों का इंतजार कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय में केवल बी कॉम अंतिम वर्ष के परिणाम ही जारी किए गए हैं जबकि बीए और बीएससी के परिणाम अब तक जारी नहीं हुए हैं गांजा तस्कर गिरफ्तार दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी के लिए वाहनों को विशेष रूप से डिजाइन करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पंचानवे किलो गांजा जब्त किया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि दुर्ग पुलिस द्वारा नशीले पदार्थो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत वाहनों की जांच के दौरान ओडिशा से धमधा जा रहे चारपहिया एक वाहन में छिपाकर ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया गांजे को छिपाने के लिए इस वाहन को अलग तरीके से डिजाइन किया गया था गिरोह के सदस्य ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बेचते थे दुष्कर्म मामला आरोपी गिरफ्तार दुर्ग में बच्चों और महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी इसी के तहत इस आरोपी को बापू नगर खुर्सीपार से गिरफ्तार किया गया वहीं राजधानी रायपुर में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी और पीड़िता के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने उसे बीती देर रात अटारी से गिरफ्तार किया घटना को बाद से ही आरोपी फरार था उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है वहीं इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है गौरतलब है कि पिछले दिनों गुढ़ियारी क्षेत्र में रहने वाली एक चौदह वर्षीय बालिका को उसका ही एक दोस्त बहला फुसलाकर घूमाने के बहाने ले गया था आरोप है कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गुह मंत्री बैठक राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज गरियाबंद में जिला अधिकारियों के साथ बैठक ली इस मौके पर उन्होंने अन्य राज्यों से आ रहे धान और डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा साथ ही यह हिदायत भी दी कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा संक्षिप्त समाचार प्रख्यात फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने बीती रात वन मंत्री मोहम्मद अकबर से राजधानी रायपुर में सौजन्य मुलाकात की इस दौरान श्री मुराद ने छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग के विकास के लिए अपनी रूचि दिखाई और यहां की विशिष्ट संस्कृति की सराहना की राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा में राताखार से गेवरा घाट तक करीब ढाई करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया इस सड़क के बने जाने से कोरबा से दर्री का सफर करीब पांच किलोमीटर तक कम हो जाएगा आज मितानिन दिवस है इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर महिलाओं ने आंवला पेड़ की पूजा कर परिवार के कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जांजगीर चांपा जिले में डभरा के घोघरी मार्ग पर कोसमझर बस स्टेण्ड के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है कोंडागांव की मर्दापाल पुलिस ने नकली चेक देकर महुआ व्यापारी से ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है भारतीय रेलवे द्वारा किसानों की सहायता के लिए पच्चीस नवंबर को छिंदवाड़ा स्टेशन से हावड़ा तक अट्ठारह डिब्बों की किसान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी

कोंडागांव जिले के हीरामांदला गांव में पिछले दिनों एक ग्रामीण की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है